कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोविड मरीजों की संख्या में तेज बढ़ोतरी से निपटने के लिए देश भर में आज से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाना है आज समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती पर शुरू हो रहा टीका उत्सव भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती चौदह अप्रैल को सम्पन्न होगा मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव आयोजित करने का आहवान किया था

सभी जिले के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को अधिक से अधिक टीका केन्द्र बनाने और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए टीका उत्सव के दौरान लोगों से टीके लगवाने की अपील की है

इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी लोगों से टीका लगवाने की अपील की है प्रदेश में टीका उत्सव के दौरान प्रत्येक दिन चार लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है इस संबंध में टीके की मांग को देखते हुये राज्य सरकार ने केन्द्र से वैक्सीन की तीस लाख डोज की आपूर्ति का आग्रह किया है इस बीच प्रदेश में कल रिकॉर्ड दो लाख बावन हजार आठ सौ पैंतीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गयें अब तक प्रदेश में छियालीस लाख तिरासी हजार एक सौ तैंतालीस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इनमें से इकतालीस लाख आठ हजार दो सौ छियालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि पांच लाख चौहत्तर हजार आठ सौ संतानवे लोगों को दूसरी डोज दी गयी है नारी शक्ति पुरस्कार विजेता रोमा देवी ने लोगों से चौदह अप्रैल तक टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की अपील की है

ये अभियान ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाने टीकाकरण के बाद भी मास्क पहने व्यक्तिगत स्वच्छता और कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करने पर केन्द्रित हैं कृपया आप सभी कोविड से बचाव हेतू सारे एहतियात बरते

स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेन्द्र क्मार धमीजा ने कहा है कि कोविड उन्नीस पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए बाईट लोगों में आगे बढ़कर टीका लगवाना चाहिए अभी भी बहुत कम लोगों ने टीका लगवाया है

सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने से जितने ज्यादा और जल्दी लोगों को टीका लगे उतनी जल्दी ही हम इम्यून कर पाएं या प्रोटेक्ट कर पाएं भारत ने कोविड उन्नीस वायरस की रोकथाम के प्रयासों में नई उपलब्धि हासिल की है देश में अब तक दस करोड से अधिक कोविड टीके लगाये जा चुके हैं देशव्यापी टीकाकरण इस वर्ष सोलह जनवरी से शुरू हुआ था स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में टीके लगाने की दर सबसे तेज है और केवल पचासी दिनों के अंदर दस करोड टीके लगाये गये मंत्रालय ने बताया कि यह पूरे समाज के सामूहिक सहयोग से संभव हुआ है लोगों ने अफवाहों और दुष्प्रचारों को नजरअंदाज किया और तमाम हिचक छोड़कर कोविड उन्नीस की रोकथाम में प्रशासन का साथ दिया प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार चार सौ उनहत्तर नये मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख उनासी हजार चार सौ तिहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में सबसे अधिक एक हजार चार सौ इकतीस नये मामले सामने आये हैं जो राज्य में मिले कुल संक्रमितों का इकतालीस दशमलव दो पांच प्रतिशत है पटना जिले में सक्रिय मामले की संख्या चार हजार नौ सौ अड़तीस हो गयी है वहीं गया से तीन सौ दस मुजफ्फरपुर में एक सौ तिरासी भागलपुर से संतानवे औरंगाबाद से तिरानवे पूर्णिया से सतासी बेगूसराय से अस्सी जहानाबाद से सतहत्तर और भोजपुर से चौहत्तर लोग पॉजिटिव मिले हैं वर्तमान में प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या ग्यारह हजार नौ सौ अंठानवे हो गई है पिछले चौबीस घंटे में छह संक्रमितों की मौत से राज्य में अबतक संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार छह सौ चार हो गई है इधर पिछले चौबीस घंटे में कूल पंचानवे हजार एक सौ बारह लोगों की कोरोना जांच की गयी महाराष्ट्र से कल तीन ट्रेन पटना पहुंची इन ट्रेनों के आठ सौ अठहत्तर यात्रियों में बुखार के लक्षण पाये गये जांच के दौरान इनमें से तैंतीस यात्री कोरोना संक्रमित पाये गये संक्रमित व्यक्तियों को होटल पाटलिप्त्रा अशोका समेत अन्य स्थानों पर बने आईसोलेशन केन्द्र भेजा गया है मैट्रिक की कम्पार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया कल से शुरू होगी बिहार बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार कम्पार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का फार्म सोलह अप्रैल तक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा भरा जायेगा इधर मैट्रिक की उत्तर प्रस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाईन आवेदन आज से सत्रह अप्रैल तक किये जा सकते हैं वहीं इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी आज से शुरू हो रही है राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी जिलों में पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ने लगा है राजस्थान से आ रही गर्म हवा की वजह से इन जिलों के तापमान में वृद्धि हुई है पटना का अधिकतम तापमान छह डिग्री बढ़कर उनचालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया जो सामान्य से दो डिग्री से अधिक है मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि कल या परसों से पटना बक्सर आरा नालंदा गया जहानाबाद अरवल नवादा और औरंगाबाद जिले में लू चलने की सम्भावना है केन्द्र सरकार ने नक्सल प्रभावित रोहतास नवादा गया औरंगाबाद बांका और जमुई जिलों में पांच सौ उन्यासी किलोमीटर नई सड़क निर्माण के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतिरिक्त होगी केन्द्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में एक हजार अड़तीस किलोमीटर नई सड़क निर्माण का पैकेज बनाया है इसके पहले चरण में पांच सौ उन्यासी किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना को मंजूरी मिल गयी है उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार बिहार में श्रमिकों को बेहतर प्रशिक्षण देने और उनके लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कुशल श्रमिक के बल पर ही आत्मनिर्भर बिहार बनाया जा सकता है इस मौके पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास में श्रमिकों का बड़ा योगदान है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है पटना कोरोना के नये पीक पर सर्वाधिक एक हजार चार सौ इकतीस मरीज अखबार ने इस बढ़ोतरी को ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाया है दैनिक जागरण ने गेहूँ खरीद से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है बीस अप्रैल से गेहूँ की खरीद इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है अब पंचायत चुनाव समय पर सम्भव नहीं सात बार टल चुकी है तारीख दैनिक भास्कर ने पुलिस अधिकारी की मॉबलिंचिंग में हुई हत्या को सुर्खी बनाते हुये लिखा है अपराधी को पकड़ने गये किशनगंज के थानेदार की पश्चिम बंगाल में पीट कर हत्या प्रभात खबर ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग दोगुनी बढ़ी आज अखबार की सुर्खी है महाराष्ट्र से बिहार लौटने वालों के लिए सत्रह विशेष ट्रेनें